कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जायेगा

श्रूआत में सभी टीकाकरण केन्द्रों पर करीब एक सौ लाभार्थियों को टीका दिया जायेगा टीकाकरण का यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जायेगा प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मियों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे कोविड टीकाकरण प्रदेश में कल होने वाले कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां प्री कर ली गई हैं उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ सरोज नैथानी ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड वैक्सीन प्री तरह से सुरक्षित है जिन लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनको टीकाकरण स्थल पर फोटो आईडी यानी पहचान पत्र साथ लाना होगा जिसके सत्यापन के बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी

इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स और मिलेट्री अस्पताल में भी वैक्सीन लगाई जायेगी

देहरादून में कोरोना के नये स्ट्रेन वाला मरीज मिलने पर जिलाधिकारी ने बताया कि मरीज को पहले से ही आइसोलेट कर लिया गया था मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस कर उनली सैंम्पलिंग भी की जा रही है

आज भीमताल में दूसरे चरण का प्रशिक्षण हआ अपर म्ख्य चिकित्साधिकारी डॉ रश्मि पन्त ने बताया कि सभी कोविड टीकाकरण केंद्रों में मानकों के अन्सार तीन कक्ष होंगे

डॉरश्मि पंत ने बताया कि खांसी जुकाम ब्खार आदि के लक्षण वाले लोगों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगायी जायेगी कल जिले में प्रथम चरण में महिला चिकित्सालय हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और बीडी पाण्डे महिला चिकित्सालय नैनीताल में कोविड वैक्सीनेशन किया जायेगा चम्पावत के सभी केंद्रों पर कोविड वैक्सीन पहंचाई जा च्की है जिला चिकित्सालय चम्पावत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टनकप्र में पहले चरण में वैक्सीनेशन किया जाना है जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आर पी खण्ड्री ने बताया कि कल से होने वाले देशव्यापी टीकाकरण को लेकर जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है

कल जिला अस्पताल बौराड़ी और संय्क्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर में टीकाकरण अभियान श्रू किया जाएगा

उधमसिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजग्रु ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिये

देहरादून आये केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से केन्द्र सरकार ने किसानों को सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है अब किसान देश के किसी भी कोने में व्यापार कर सकता है

उन्होंने कहा कि देहरादून को देश में एक मॉडल और आदर्श जिला बनाने के लिए काम हो रहा है राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता नियमावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया है

उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने उसमें परिवर्तन करने का काम चुनाव आयोग की ओर से लगातार चलता रहता है

उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावलियों के रिवीजन का काम कोरोना काल में भी लगातार किया जाता रहा

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए ज़माने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की

पिछले दो चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की श्रुआत की है जिसका उद्देश्य भारत को द्निया में कौशलों का म्ख्य केंद्र बनाना है

इस अवसर पर कैदियों ने उत्तरायणी पर्व से ज्ड़े कई क्माऊंनी गीत और नृत्य पेश किये कैदियों के साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने भी झोड़ा नृत्य किया और क्माऊंनी गीत गाया इस अवसर पर उन्होंने कैदियों को उत्तरायणी और घ्घ्तिया त्यौहार के बारे जानकारी भी दी मरथ यात्रा चम्पावत जिले के विभिन्न स्थानों में श्रीरामजन्म भूमि मंदिर निधि सहयोग अभियान कलश यात्रा के साथ रामरथ यात्रा निकाली गई इसके साथ ही निधि समर्पण अभियान का श्भारंभ किया गया कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों से आये हए सैकड़ों राम भक्तों ने प्रतिभाग किया आपको बता दें कि अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए मकर सक्रांति से लेकर माघ पूर्णिमा तक देशव्यापी समर्पण निधि अभियान श्रू हो गया है इसके तहत राम मंदिर के लिए समर्पण राशि ज्टाई जायेगी जिसे अयोध्या भैजा जाएगा